प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना आज से होगी शुरू

इस बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ विदेश मंत्री रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होंगे

आतंकी हमले में बिहार के दो जवान भी शहीद हो गये हैं जिसमें भागलपुर के कहलगांव के रतनपुर गांव के निवासी रतन कुमार ठाकुर और मसौढ़ी के तारेगनाडीह गांव के निवासी संजय कुमार सिन्हा शामिल है इस बीच राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निन्दा की है राज्यपाल ने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जायेगी वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीर और कर्तव्यपरायण शहीद जवानों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वीर जवानों की इस शहादत को हमेशा याद किया जायेगा आतंकी हमले को लेकर राज्य भर में आक्रोश का माहौल है आतंकवादियों के इस कायराना हरकत के विरोध में कई स्थानों पर आक्रोश मार्च निकाला गया और हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गयी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले को देखते हुए सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को परामर्श जारी किया है मंत्रालय ने सभी चैनलों से किसी भी ऐसी सामग्री के बारे में विशेष रूप से सावधानी बरतने को कहा है जिससे हिंसा भड़क सकती हो या उसकी विषय वस्तु कानून व्यवस्था के खिलाफ हो इसके अलावा ऐसी सामग्री के बारे में भी सावधान रहने का परामर्श दिया गया है जिससे राष्ट्र विरोधी भावना को बढ़ावा मिले या राष्ट्र की अखण्डता पर किसी तरह का असर पड़े सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन चैनलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी ऐसी सामग्री या विषय वस्तु का प्रसारण न किया जाए जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क्स विनियमन अधिनियम की कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन होता हो

इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन सुनिश्चित की गई है इस योजना के अंतर्गत उन कामगारों को भी पेंशन दी जाएगी जिनकी मासिक आय पंद्रह हजार रुपये या इससे कम है और जो अठारह से चालीस आय वर्ग में आते हैं असंगठित क्षेत्रों में लगभग बयालीस करोड़ कामगारों के होने का अनुमान है पेंशन प्राप्त कर रहे कामगार की मृत्यू के बाद पेंशन की आधी धनराशि उनके पति या पत्नी को दी जाएगी यह योजना स्वैच्छिक और अंशदान पेंशन योजना है जिसमें फिफ्टी फिफ्टी के आधार पर निर्धारित आयु वर्ग के लाभार्थी को अंशदान करना होगा इसमें उतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी पटना में आज से भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है सम्मेलन का उदघाटन झारखंड के मुख्यमंत्री रघ्वर दास और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी करेंगे ये जानकारी देते हुए पार्टी के मीडिया प्रभारी पंकज सिंह ने बताया कि इस सम्मेलन में देश भर से पांच हजार पांच सौ प्रतिनिधि भाग लेंगे उन्होंने कहा कि अधिवेशन के अलग अलग सत्रों में केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उमा भारती संतोष गंगवार सीआर चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर उत्तर प्रदेश के उप मुख्मयंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे केन्द्र सरकार ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य दो रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाकर इकतीस रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि गन्ना उत्पादकों की बढ़ती बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग ने वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए यह बढ़ोत्तरी कीं है उन्होंने कहा कि इस कदम से चीनी मिलों के पास धन की उपलब्धता बढ़ेगी और वे गन्ना किसानों को समय पर भूगतान कर सकेंगे च्रनाव आयोग ने राज्य सरकार को आगामी बीस फरवरी तक तबादला का कार्य पूरा कर लेने का आदेश दिया है नौ फरवरी को भेजे गये पत्र में आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पच्चीस फरवरी तक आयोग को रिपोर्ट सौंपे च्रनाव आयोग के निर्देश के बाद सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर तबादला पदस्थापना का कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की पहली तेज रफ्तार सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे यह रेलगाड़ी नई दिल्ली से कानपुर और इलाहाबाद होते हुए वाराणसी तक जाएगी यह ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच की दूरी आठ घंटे में तय करेगी राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती हवा के दबाव क्षेत्र के राज्य में प्रवेश कर जाने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही है मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज से दो दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है आज गोपालगंज सीवान पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी शिवहर और मुजफ्फरपुर में तेज हवा और गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में पन्द्रह वर्ष से अधिक प्रानी गाड़ियों का परिचालन बंद होगा उन्होंने विधान परिषद में कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में प्रनर्विचार याचिका भी दायर करेगी उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य भर में दो सौ नये वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित किये जायेंगे साथ ही हर पेट्रोल पम्प और सर्विस सेंटर पर प्रद्षण जांच यंत्र रखना अनिवार्य होगा राज्य सरकार ने गया के तिलकुट को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जी आई टैग देने की अनुशंसा की है शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने विधान परिषद में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में संबंधित प्राधिकार को अनुशंसा भेजी गयी है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है साथ ही अलग अलग खबरों को भी मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है सबसे बड़ा हमला घाटी में तैंतालीस सीआरपीएफ जवान शहीद दैनिक भास्कर की सुर्खी है जवानों की बस से भिड़ा दी तीन सौ पचास किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी चौबालीस शहीद दैनिक जागरण का शीर्षक है आतंकी हमले की खबर के साथ ही विधान सभा में हुए हंगामे और इससे जुड़े विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश की खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है अमीन नियुक्ति के लिए मंत्री दें भर्ती बोर्ड को निर्देश अध्यक्ष प्रभात खबर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्री के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है पाक प्रायोजित हमलाबदला लिया जायेगा और अब अंत में मुख्य समाचार जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के तैंतालीस जवान शहीद

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना आज से होगी श्रू